उन्होंने कहा कि वृद्धजन बच्चों गर्भवती महिलाओं बीमार तथा कमजोर व्यक्तियों की मेडिकल टेस्टिंग का कार्य प्राथमिकता पर किया जाये

उन्होंने राज्य में टेस्टिंग की संख्या में लगातार वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मेडिकल टेस्ट करके कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक जनपद को मुख्य चिकित्साधिकारी तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से नियमित संवाद रखने के निर्देश दिये अयोध्या में पांच अगस्त को होने वाले श्रीराम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तैयारियां जोरो पर है

उन्होंने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ शिलान्यास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की इस अवसर पर उन्होंने स्वयं तथा अन्य लोगों की ओर से छह लाख छह हजार रूपये की धनराशि के चेक ट्रस्ट को दान दिये इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि पांच सौ वर्ष की लड़ाई पर कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण की श्रभ घड़ी आई है

उन्होंने मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम से प्रदेशवासियों के सर्व कल्याण की कामना की

उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्युदर घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं हैं

बाइट अभी बहुत सारी जो दवाइयां कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं रेमडेसिवीर और इस प्रकार की दवाइयां ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में हैं बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है लेकिन इनके बारे में साथ साथ यह भी बातें उभरकर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लीवर के अंदर डिस्टर्बे सीस होते हैं और इसलिए जिनका लीवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेंसीस को भी वो टोलरेट कर पा रहे हैं लीवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है

यह मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिये दी जाने वाली धनराशि को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने की मंजूरी दी गई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

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या साढे नौ लाख को पार कर गई है

कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा आज कोरोना संक्रमण जागरूकता में स्वय सेवी संगठनों की भूमिका विषयक एक वेबिनार का आयोजन किया गया क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने बताया कि वेबिनार में आरोबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज भारत स्काऊट और गाइड के कमिश्नर प्रदीप गुप्ता सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयन्ती कल गोण्डा जिले के परसपुर के पास राजापुर में मनाई गई

प्रदेश के कई जनपदों में आज मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली

सिद्धार्थनगर जौनपुर कुशीनगर प्रतापगढ़ कन्नौज बलरामपुर वाराणसी अमरोहा मऊ आजमगढ़ बलिया और लखनऊ सहित कई अन्य स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहा मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी भाग में सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना व्यक्त की है वहीं अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के सभी स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है श्रावस्ती बलरामपुर बहराइच लखीमपुर खीरी पीलीभीत मुरादाबाद बिजनौर मुजफ्नगर सहारनपुर बांदा हमीरपुर झांसी जालौन कानपुर नगर कानपुर देहात आरैया कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है यह दिन मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना और टिकाऊ विकास योजनाओं को ज्यादा महत्व देना है